इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और मुख्य सचिव सत्य गोपाल भी उपस्थित थे इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य के आठ युवाओ को सम्मानित किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि चेयरमेन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटि एडमिरल सुनील लांबा के अरुणाचल प्रदेश दौरे से राज्य के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को सी ओ एस सी में ध्यान रखा जायेगा राज्यपाल ने कहा कि श्री लांबा द्वारा राज्य के युवा प्रतिभाओं के सम्मान से उनका मनोबल बढ़ेगा इस मौके पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सीमांत क्षेत्रो से जनसंख्या के पलायन पर काबू पाने के लिए सीमांत सड़क परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यक्रमो में तेजी लाने की वकालत की अपने संबोधन में एडमिरल सुनील लांबा ने राज्य की संस्कृति लोगो में सादगी राष्ट्रीयता की भावना और सैन्य नागरिक तालमेल की सराहना की इधर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज ईटानगर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेडिएशन ऑनकोलोजिस्ट ऑफ इंडिया संगठन के तेरहवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राज्य में केंसर के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए चिकित्सको से जन जागरुकता और केंसर मामलों की प्रारंभिक चरण में पता लगाने पर जोर दिया है राज्य सरकार ने परमवीर से सम्मानित सुवेदार जोगिंदर सिंह के सम्मान में एक युद्ध स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी है तवांग जिले के बुमला में सैन्य कर्मियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि गत अक्टूबर उन्नीस सौ बासठ में तवांग की तरफ बढ़ रहे चीन के सेना का डटकर मुकाबला करने वाले इस बहादूर सैनिक को श्रद्धाजंली के रुप में यह स्मारक बनाया जायेगा राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एन सी ई आर टी के निदेशक प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ने कल राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा के साथ बैठक में इस क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की बैठक के दौरान छात्रों के लिए एन सी ई आर टी के पुस्तकों व्यवसायिक शिक्षा और राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एस सी ई आर टी की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान नई तकनीकों की मदद से अब देश के ऊर्जा उत्पादक बन जाएंगे लखनऊ में तीन दिवसीय कृषि क्रंभ का वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान अपनी भूमि के सर्वाधिक इस्तेमाल के लिए सौर पंप और पैनल जैसी नई तकनिकें अपना रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीकों से देश में खेती का स्वरुप बदलने लगा है और कृषि कुंभ दो हजार अट्ठारह आने वाले दिनों में किसानों के लिए नये अवसर लाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के बाद अब हम स्वेत मधु और नीली क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आह्वान किया कि वे इस अवसर का इस्तेमाल टैक्नालोजी से संबंधित समाधान ढूंढने में करे ताकि किसानों और पर्यावरण दोनों को फायदा हो ईटानगर स्मार्ट सिटी डब्लपमेंट कॉरपोरेशब लिमिटेट ने नेशनल पैमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के व्यापारियों और सरकारी विभागों के लिए डिजिटल पैमेंट विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किया इस दो दिवसीय कार्यशाला में ईटानगर नाहरलगुन निरजुली और बंदरदेवा की बाजार कल्याण समितियों और अरुणाचल प्रदेश हॉकर्स एण्ड स्ट्रीड वेंडर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पटनायक की निगरानी में केंद्रीय सतर्कता आयोग से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है

मणिप्र की राजधानी इंफॉल में आयोजित हो रहे पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने कल द्रसरे दिन तक चौबीस पदक जीते हैं जिसमें बारह स्वर्ण तीन रजत और नौ कास्य पदक शामिल है सबसे अधिक राज्य के कराटे खिलाड़ियो ने नौ स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है

आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अटठारह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया